इस स्तर का जन सहयोग रहेगा तभी हम सब मिलकर कोरोना को हरा पायेंगे श्री गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रदेश में स्थिति बहुत ही चिंताजनक है

इसके तहत सभी कार्यस्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पखवाडे के तहत शहर में बेवजह घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है

इधर भरतपुर में भी पुलिस और प्रशासन मिलकर कोविड गाईडलाईन की पालना करवा रहा है साथ ही लोगों को संकमण से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है इंझनू में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और जयपूर रेंज प्रभारी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने झंझनूं में कानून व्यवस्था की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने झंझनूं शहर और पिलानी कस्बे का दौरा कर कोविड गाईडलाईन के तहत किये जा रहे कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि झंझनूं के लोग कोविड गाईडलाईन की ठीक से पालना कर पुलिस और प्रशासन का सहयोग कर रहे है राजधानी जयपुर में कोविड गाईडलाईन की पालना करवाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की ओर से कल शहर के विभिन्न इलाकों में फ्लेग मार्च किया गया इसी तरह बीकानेर बुंदी जालोर श्रीगंगानगर और झालावाड में भी पुलिस प्रशासन ने मिलकर फ्लेगमार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील की

भरतपुर जिले के आरबीएम अस्पताल में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का काम जल्द शुरू होने वाला है

आज उनके शव को विमान के जरिये उनके पैतुक गांव लाया जा रहा है

हर वर्ष तीन मई को यह दिवस मनाया जाता है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उपराष्ट्रपति ने उन्हें के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की है